प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे नीति आयोग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है वह कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयात देश है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहारों के इस मौसम में बाजार से खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें

उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोने वालों और देश को विभाजित करने वालों को हमेशा करारा जवाब दिया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है

तीन दिन के सम्मेलन में विदेशी न्यायाधिकार क्षेत्रों में जांच की चुनौती निवारक सतर्कता वित्तीय समावेश के लिए सुधार और बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम प्रभावी लेखा जांच भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में हाल के संशोधन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय साइबर अपराध और आर्थिक अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है

जबकि दो लोगों की मौत हई है मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक एक मरीज शामिल हैं

बानबे हजार नौ सौ छिहत्तर मरीज ठीक हुए हैं राज्य में पांच हजार आठ सौ चौवालीस सक्रिय केस है

अबतक एकतीस लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है

रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की अधिक संख्या मरीजों की संख्या में निरंतर कमी और मृत्यू दर कम रहने के साथ देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है

जामताड़ा जिले में लगातार कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है

इस दौरान लोगों को हाथ धोने के तरीकों की जानकारी और स्वच्छ्ता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

यात्रियों को इस एतिहासिक धरोहर की पूरी जानकारी भी दी जाएगी

आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रायल्स ने वर्तमान चैम्पियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट से हराया आई पी एल के इतिहास में यह पहला मौका है जब तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई

विजयादशमी के अवसर पर आज खूंटी जिला में अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी खुदरा शराब की बिक्री दुकानें बंद रहेंगी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन द्वारा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है